ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ग्रामीण इलाकों में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के विद्युत बोर्ड को दिए निर्देश पोषण अभियान के बेहतर कार्यान्वयन में चम्बा ज़िले ने प्रदेशभर में हासिल किया पहला स्थान

कृषि मंत्री वीरेन्द्र कवर ने आज लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में कृषि विज्ञान केन्द्र का दौरा करने के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों से लाहौल स्पीति को प्रदेश का पहला शत प्रतिशत प्राकृतिक खेती आधारित ज़िला बनाने के कार्य को तेज़ी से करने का आग्रह किया वीरेन्द्र कवर ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि किसान रसायनों की खेती से मुक्त हो सकें और उनकी आय भी बढ़े महेन्द्र सिंह जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को जमाबंदी म्यूटेशन मामलों का एक सप्ताह में शत प्रतिशत इन्दराज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सिंचाई व पेयजल की कई योजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजी गई हैं और मंजूरी मिलने पर इन पर कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं मण्डी जिले के चैलचौक में विद्यत बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने फील्ड में रोज़ाना चल रही तकनीकी खामियों को दूर करने पर बल दिया ताकि लोगों को बिजली के कटों से निजात मिल सके उन्होंने कहा कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड में जल्द ही टी मेट और जूनियर टी मेट की भर्ती की जा रही है ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री रोशनी योजना को जन जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए वन मंत्री प्रदेश के अनछ्ए क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सरकार इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है मण्डी ज़िले के पनारसा में आज ट्रैकर हट के शिलान्यास अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने ये जानकारी दी

निर्देश परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कुल्लू बस अड्डे के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि बस अड्डे में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल दौरे से संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित की है जो प्रदेश के लिए किसी सौगात से कम नहीं है निरीक्षण खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने लाहौल स्पीति के उदयपूर में आज नागरिक आपूर्ति निगम के थोक बिक्री गोदामों का निरीक्षण किया

पोषण अभियान चम्बा जिले ने पोषण अभियान के बेहतर कार्यान्वयन में इस वर्ष प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है मण्डी ज़िला दूसरे जबकि कांगड़ा तीसरे स्थान पर रहा है

पोषण अभियान के जिला समन्वयक विकास शर्मा ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है अटल टनल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले कल अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के बाद सुरंग से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है पर्यटकों सहित स्थानीय लोग सुरंग के बनने से खूश हैं हमारे संवाददाता संजीव सुन्द्रियाल ने लाहौल स्पिति ज़िला मुख्यालय केलंग सहित सिस्सु और ठोलंग गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लोगों की प्रतिक्रिया जानी

लाहौल जाने वाले पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने टनल के शुरू होने पर प्रसन्नता जताई और वे सुरंग से होकर जाने को लेकर उत्साहित दिखे

लाहौल घाटी के लोग भी खुश हैं और उनका कहना है कि सुरंग के बनने से अब घाटी के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा

निश्चित रूप से अटल टनल लाहौल घाटी के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है और इससे घाटी में पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को बल मिलेगा

संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार रोहतांग लाहौल स्पीति कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है

सत्ती राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना में सेवा ही संगठन किताब का विमोचन किया इस किताब में कोरोना काल के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया गया है

पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि इसके तहत नए कृषि व श्रमिक कानूनों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे